राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार अगले दो तीन दिनों में कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने

किल कोरोना अभियान राज्य में आज किल कोरोना अभियान षुरु हो रहा है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में इस अभियान का शुभारंभ करेंगे

साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार किये गये वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे इन्दौर में संभाग आयुक्त पवन कुमार शर्मा ने बताया कि सर्वेक्षण में संदिग्ध पाये गये मरीजों को अस्पताल भेजा जायेगा जबलपुर में सांसद राकेश सिंह की मौजूदगी में अभियान का शुभारंभ होगा मंडला में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने स्वास्थ्य दलों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों पर पूरी जानकारी देने और सहयोग करने की लोगों से अपील की है

मुरैना में कोरोना संकमण से कल एक मौत भी हुई है

कोरोना संक्रमित मरीजों के प्लाज्मा थैरेपी से उपचार के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं

उन्होंने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत पूरे देश में एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू हो गयी है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री की घोषणा के संबंध में कहा कि योजना के विस्तार से गरीबों की मुश्किलें दूर होंगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेंगी सतना के सांसद गणेश सिंह ने भी इस योजना का स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया के कई देशों की आबादी से ज्यादा जनसंख्या को निशुल्क अनाज देने की योजना कुशल नेतृत्व से ही संभव हो पायी है राज्य मंत्रिमंडल राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में मंत्रिमंडल का पूर्नगठन किया जायेगा

इससे पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों के दिल्ली पहॅचने और केन्द्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं तेज हो गयी थी

इसके पूरे एक माह बाद अप्रैल में पांच मंत्रियों को शपथ दिलाकर श्री चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया तब से मंत्रिमंडल का विस्तार विभिन्न कारणों से लगातार टल रहा है

केन्द्र सरकार ने कारोबारी सुविधा और प्रतिभूतियों की स्टाम्प ड्यूटी में एकरूपता लाने के लिए कानूनी और संस्थागत प्रणाली बनाई है इससे राज्य प्रतिभूति बाजार में आसानी से किसी एक एजेंसी के जरिए स्टाम्प ड्यूटी का संग्रह कर सकेंगे वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि स्टाम्प ड्यूटी में केन्द्र और राज्य की साझेदारी की प्रणाली भी इस कानून के जरिए विकसित की गई है यह साझेदारी स्टाम्प खरीदने वाले व्यक्ति के मुल निवास पर आधारित होगी एमएसएमई पंजीकरण सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए नये पंजीकरण की प्रक्रिया आज से उद्यम नाम से शुरू हो रही है यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कागज रहित और स्व घोषणा पर आधारित है एमएसएमई के पंजीकरण के लिए कोई दस्तावेज या प्रमाणपत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है पंजीकरण के लिए आधार नम्बर आवश्ययक होगा

केन्द्र सरकार ने आज बचत बांड योजना शुरू करने की भी घोषणा की है

मौसम बारिश प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है मौसम विभाग ने आज उमरिया डिण्डौरी कटनी जबलपुर बालाघाट और मंडला जिलों में भारी वर्षा के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है वहीं भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है

इसमें यात्रियों संबंधी मॉस्क और दूसरी सुरक्षा उपायो को अपनाना जरूरी होगा

उज्जैन में महाकाल की सावन मास में निकलने वाली सवारी में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है

राज्यपाल लालजी टण्डन के बीमार होने के कारण उन्हें प्रदेश का प्रभार भी सौपा गया है

राज्य बीज और फार्म विकास निगम के प्रबंध संचालक सुफिया फारूकी वली को व्यवसायिक परीक्षा मंडल का संचालक बनाया गया है